निकाय चुनाव निकाय चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया है

राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है निकाय चुनाव के लिए एक हजार दो सौ सत्तावन मतदान केंद्र और दो हजार छह सौ चौसठ मतदान स्थल बनाये गए हैं इनमें संवेदनशील मतदान केंदों की संख्या चार सौ चौहत्तर है और संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या नौ सौ चौहत्तर है वहीं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या तीन सौ अड़सठ हैं जबकि आठ सौ पचान्वे अतिसंवेदनशील मतदान स्थल चिन्हित किये गए हैं

प्रचार थमा निकाय चुनाव में जीत के लिए हर राजनीतिक दल ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने दृष्टि पत्र जारी किया तो उक्रांद और आप ने भी अपने घोषणा पत्र जारी किये सभी दलों ने विकॉस के मुद्दे पर जनता को साधने की कोशिश की है वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता और मंत्री पार्टी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहंचे स्टार प्रचारकों ने भी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा जोर लगाया है भाजपा के लिए सांसद मनोज तिवारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत पार्टी के दिग्गजों ने जनसभाएं कर लोगों से वोट मांगे वहीं कांग्रेस के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेता प्रचार में उतरे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने रैलियों के साथ ही डोर दू डोर प्रचार भी किया वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की आज प्रचार का शोर थम गया है

निर्वाचन एप नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एनआईसी के सहयोग से मोबाइल एप तैयार किया है इस एप के जरिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एप के जरिए मतदाताओं को मतगणना के रूझान और परिणाम आसानी से मिल सकेंगे

इस कार्यक्रम के तहत नया करने की चाह रखने वाले युवाओं को आसानी से बैंक से ऋण मिल जाता है पौड़ी जिले में कई युवाओं ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत कर्ज लेकर खूद के लिए तो रोजगार हासिल किया है जिले के एकेश्वर ब्लॉक स्थित बौसाल गांव के प्रेम प्रकाश नौटियाल ने जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार से प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत रेस्टोरेंट खोलने के लिए ऋण लिया था आज उनका काम अच्छा चेल रहा है साथ ही तीन चार युवाओं को उन्होंने रोजगार भी दिया है

प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम का संचालन लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय करता है इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के साथ ही लघु और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए युवाओं को जागरूक करना भी ळें राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया से जुड़े सभी प्रेस प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर की विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए प्रेस की भूमिका अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रदेश में जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन किया गया चमोली में हुई गोष्ठी में डिजीटल यूग में पत्रकारिता आचारनीति और चुनौतियां विषय पर चर्चा की गयी उधर नई टिहरी में भी गोष्ठी का आयोजन कर पत्रकारिता की गरिमा बनाये रखने के लिए भ्रामक समाचारों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया वक्ताओं ने कहा कि प्रेस काउसिंल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष पद पर पत्रकारिता जगत से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान कर सके उंधर अल्मोड़ा में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने आधूनिक तकनीक के साथ पत्रकारिता में आ रहे तेजी से बदलाव और कई नैतिक चुनौतियों पर अपने विचार रखे संगोष्ठी बागेश्वर बागेश्वर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया इसमें विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने सार्वजनिक शिक्षा में देशभर में हो रहे परिवर्तनों पर चर्चा की संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा संक्रमण के दौर से गुजर रही है और लगातार विचार विमर्श से ही इसका निदान खोजा जा सकता हैं वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा समस्या नहीं है समाधान का रास्ता है गोष्ठी में विशेषज्ञों ने सोलह उपविषयों पर अपने शोध भी प्रस्तुत किए